इससे पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है एक ट्वीट संदेश में श्री जेटली ने कहा कि कर संग्रह में बढ़ोतरी से देश में आर्थिक परिदृश्य में सुधार आयेगा उन्होंने कहा कि ई वे बिल लागू करने और वस्तु और सेवाकर में सुधार से कर संग्रह में सकारात्मक सुधार दिखाई दे रहे हैं ग्राम स्वराज अभियान देशभर में ग्राम स्वराज अभियान के एक भाग के तौर पर किसान कल्याण कार्यशाला का आज ब्लाक स्तर पर आयोजन किया जाएगा

इस कड़ी में बिलासपुर जिले के कोठी और त्यूण खास में किसान कल्याण कार्यशालाएं लगाई जाएंगी जिसकी अध्यक्षता सांसद अनुराग ठाकुर करेंगे इस दौरान आजीविका के लिए कृषि और उससे संबंधित अन्य गतिविधियों के बारे में विशेषज्ञ किसानों व बागवानों को जानकारी देंगे

प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल के मार्ग दर्शन मे राज्य विधिक सेवाए प्राधिकरण ने ये पहल की है इस संबंध में शिमला में कल एक बैठक अध्यक्षता करते हुए न्यायामूर्ति संजय करोल ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है और इसके लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए अभियान के तहत रेल मार्ग को दो खंडों में विभाजित किया गया है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कसौली गोलीकांड से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है महिला टाउन प्लानर की गोली मारकर हत्या दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अवैध निर्माण हटाने आई अफसर की गोली मारकर हत्या गोलीकांड में पीडब्लयूडी का एक कर्मचारी घायल पंजाब केसरी लिखता है अवैध निर्माण गिराने गई टीम पर होटल मालिक ने दागी गोलियां आरोपी पुलिस की नाक तले चकमा देकर फरार दैनिक भास्कर ने लिखा है कसौली के मंडोधार स्थित नारायणी गेस्ट हाउस की मालकिन के बेटे ने की वारदात दैनिक जागरण के अनुसार आरोपी का सुराग देने वाले को एक लाख ईनाम देगी पुलिस हिमाचल दस्तक का कहना है नहीं रुकेगा अवैध होटल तोड़ो अभियान सीएम जयराम ने गोलीकांड पर शिमला में ली बैठक

इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है छोटी पालिसियां करने में मंडी की साक्षरता एवं जन विकास समिति देश में टॉपर

वहीं दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है नए जिलों के गठन पर अभी सरकार का कोई विचार नहीं

जबकि अमर उजाला के शब्द हैं निजी स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट

हिमाचल दस्तक ने खबर दी है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भायी कांगड़ा की वादियां एचपीसीए में किकेट संग्रहालय की रखेंगे नींव

दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय हवालात में पर्यटन में कसौली में अवैध निर्माण हटाने गई महिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या करने की घटना को दुखद बताया है दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय कितनी सुरक्षित महिलाएं में प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए लिखा है कि महिलाओं को निम्न दर्जे का मानने वाले लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए